स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग ने देश के नाम श्रोताओं के संदेशों को शामिल किया है

श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि पहले सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन केवल दो हजार श्रद्वालुओं को ही यात्रा की अनुमति होगी इनमें एक हजार नौ सौ श्रद्वाल् जम्मू कश्मीर के और शेष सौ बाहर के होंगे श्री कुमार ने बताया कि यात्रा पंजीकरण काउंटर पर भीड़भाड़ से बचने के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतू ऐप इंस्टॉल करना होगा फेसमास्क लगाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक यात्रा प्रवेश स्थल पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अटका आरती और श्रद्धासुमन विशेष प्रजा के लिये बुकिंग अगले आदेश तक बंद रहेगी भारतीय किकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतरराष्ट्रीय किकेट से संन्यास ले लिया है सोशल मीडिया पोस्ट में महेन्द्र सिंह धोनी ने अपने पूरे करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि महेन्द्र सिंह धोनी एक अच्छे किकेट खिलाड़ी हैं और वे भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान रहे हैं पूरा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और अनेक गण्यमान्य लोगों ने श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पृष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी गृहमंत्री अभित शाह ने कहा कि श्री वाजयेपी राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे

वहीं आज सुबह बांसवाड़ा में बूंदाबांदी दर्ज गई